लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर शाम छह बजे तक चौवन प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ इस चरण के चुनाव में महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपर चंदौली वाराणसी मिर्जापुर एवं राबर्टसगंज संसदीय सीटें शामिल हैं इन सीटों पर एक सौ सड़सठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं इनमें तेरह महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं

वाराणसी में मतदान के प्रति लोगों में खास उत्साह नजर आया कई स्थानों पर लोग धूम धाम से वोट डालने पहुंचे सोनभद्र जिले के वो इलाके जहां कभी नक्सलियों का डर रहता था वहां भी लोगों ने निर्भीक होकर मतदान किया पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवा खासा उत्साहित नजर आये आज के मतदान ने कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला किया जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश बसपा अध्यक्ष आर एस कुशवाहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर पी एन सिंह शामिल हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट पर मतदाताओं ने आज उत्साहपूर्वक अपन मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई

मतदान को लेकर महिला बुजुर्ग और पहली बार मतदाता बने युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया मऊ नगर स्थित संस्कृत महाविद्यालय का सखी बूथ महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया इस बार चुनाव में जिले में बंद पड़ी दो कताई मिलों को चालू कराने के साथ ही बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े पमुख मुद्दे शामिल हैं आजाद नोमानी आकाशवाणी समाचार मऊ कुशीनगर जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया

मतदान में महिलाओं और युवा मतदाताओं का सर्वाधिक उत्साह देखा गया

विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर

यह सीट भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग के आकस्मिक निधन से रिक्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है भाजपा नेता और पार्टी के प्रदेश निर्वाचन प्रबंधन प्रमुख जेपीएस राठौर ने बताया कि दोनों नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ट्वीट किए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की

प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर हैं और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है

नायडू केन्द्र में गैर भाजपा सरकार के लिए समर्थन जुटाने के सिलसिले में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं गौरतलब है कि श्री नायडू ने कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की थी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

लोकसभा चुनाव की तेइस मई को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियॉ अंतिम चरण में हैं प्रदेश भर में मतगणना में लगे कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना लखनऊ स्थित रमाबाई अम्बेडकर स्थल पर सुबह आठ बजे से शुरू होगी लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस बार वीवीवैट की पर्चियों के मिलान के लिये वीवीपैट का चयन लाटरी के जरिये होगा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांचों वीवीपैट लॉटरी से तय होंगी श्री शर्मा ने बताया कि लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से पच्चीस पच्चीस वीवीपैट पर्चियों का मिलान उसी बूथ पर पड़े वोटों से किया जायेगा इन दोनों लोकसभा सीटों की नौ विधानसभाओं के वोटों की गिनती के लिये करीब एक सौ साठ टेबल लगायी जायेंगी प्रत्येक टेबल पर माइक्रो आब्जवर तैनात किया जायेगा उस मेज पर मतगणना की पूरी जिम्मेदारी माइक्रो आर्ब्जवर की होगी इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा पंडाल में दो अतिरिक्त माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किये जायेंगे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चनलों पर सुना जा सकेगा राज्यपाल राम नाइक ने देवर्षि नारद की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के समस्त पत्रकार मित्रों का अभिनन्दन करते हुए उन्हें बधाई दी है राज्यपाल ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि देवर्षि नारद को प्रथम पत्रकार माना जाता है वे अनेक कलाओं में निपुण थे और लोक कल्याण के लिये सदैव विचरण किया करते थे नारद जी आदर्श पत्रकारिता के संवाहक थे

राज्यपाल ने कहा कि अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण देवर्षि नारद आज भी पत्रकारों के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं श्री नाईक ने कहा कि भारतीय जनतंत्र में कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधायिका के साथ ही चतुर्थ स्तम्भ पत्रकारिता का भी बहुत महत्व है उन्होंने कहा कि दश में पत्रकारिता ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर समाज के उत्थान तक में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है पत्रकार समाज का प्रबोधन करते हैं भारतीय संविधान म अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता की विशेषता है कि अच्छाई व बुराई दोनों ही समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं

कानपुर में गंगा नदी की स्वच्छता के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कार्ययोजना बनायी जा रही है जिसके तहत प्रारंभिक स्तर पर शहर के सभी नाला का कायाकल्प किया जाएगा आईआईटी कानपुर के प्राफेसर विनोद तारे और नगर आयुक्त संतोष कुमार के साथ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टोटयूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अधिकारियों ने नगर निगम जल निगम कानपुर विकास प्राधिकरण वन विभाग सहित अन्य विभागों क अधिकारियों के साथ बैठक की

उन्होंने कहा कि कानपुर के सभी नाला तालाबों और नदी का विकास होना चाहिये नालो को बंद करना कोई विकल्प नहीं है इन्हें ठीक करने की आवश्यकता है नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि कानपुर महानगर को अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिये चुना गया है उन्होंने बताया कि अभो किसी एक नाले का चयन कर उसका डीपीआर बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा